निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में रक्षाबलों की गतिविधियों के उल्लेख के खिलाफ फिर किया आगाह लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिये प्रदेश की तेरह संसदीय सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी कल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव ने कन्नौज सीट से जबकि भाजपा प्रत्याशी कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल ने हमीरपुर सीट से भरा अपना नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी ने कल मनाया अपना स्थापना दिवस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा परिवार को दी शुभकामनाएं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है इस चरण के लिए प्रचार चरम पर है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में हथौड़ गांव में एक चुनावी रैली में कहा कि देश के लोगों को सरकार के इरादों और नीतियों के बारे में पूरी जानकारी है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक मजबूर सरकार के लिए चुनाव में हैं जबकि भाजपा मजबूत सरकार के गठन की लड़ाई लड़ रही है जब मजबूत सरकार होती है तो सर्जीकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी होती है दुनिया भी हमारी बात सुनती है जब मजबूत सरकार होती है तो देश हित में बड़े फैसले लिये जाते हैं और जब मजबूर सरकार होती है तो कुछ लोगों के स्वार्थ करने के लिए फैसले होते रहते हैं श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के सहयोगी आतंकवादियों और अलगाववादियों को खुली छूट देने के लिए लड़ रहे हैं जबकि भाजपा इन्हें सजा देने के लिए चुनाव मैदान में हैं इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल सुबह ओडिसा के सुंदरगढ़ में एक सभा में कहा कि मजबूत सरकार समय की मांग है ताकि देश में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके महाराष्ट्र के नानदेड़ में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि देश में आतंकवाद और नक्सलवाद सहित कई समस्याओं की जननी कांग्रेस पार्टी है आज देश में जो हालात हैं चाहे वो कश्मीर के हालात हो आतंकवाद हो नक्सलवाद हो अलगाववाद हो ये आग कांग्रेस की लगाई हई आग है एनडीए की सरकार उसको बुझाने में जूटी है लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलवटी साथी उस आग को और भड़काने के लिए साजिशें रच रहे हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कल गांधीनगर लोकसभा के लिए प्रचार अभियान में भाग लिया पार्टी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारामन भी गुजरात में चुनाव प्रचार कर रही हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल श्रीनगर अत्मोड़ा और हरिद्वार में रैली को संबोधित किया श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पहला उद्देश्य गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के जीएसटी लागू करने और नोटबंदी से बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई राहुल गांधी ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो बीस प्रतिशत गरीब परिवारों को न्यूनतम आय योजना सहित कई कल्याण कार्यक्रमों की शुरूआत करेगी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में पिछले पैंतालिस सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है फैक्ट्ररियां बंद हो गई लोगों ने माल खरीदना बंद किया

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी दलित जनजातीय और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने कल रूड़की और रूद्रपुर में हरिद्वार और नैनीताल सीटों के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा की मायावती ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने जनता से किये गये वायदों को पूरा नहीं किया निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में रक्षा बलों की गतिविधियों के उल्लेख के खिलाफ फिर से आगाह किया है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन संबंधी परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार जाति और सांप्रदायिक भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाषणों या पोस्टरों में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरूद्वारा और किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए वहीं निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की न्यूनतम आय गारन्दी योजना को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की टिप्पणियों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है निर्वाचन आयोग ने आदेश में श्री कृमार की टिप्पणियों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है निर्वाचन आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत सभी सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करें

समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव ने कल कन्नौज सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया डिम्पल यादव वर्तमान में कन्नौज से सपा की सांसद है हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी कुंवर पुषेन्द्र सिंह चंदेल कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी और उन्नाव संसदीय सीट से कांप्रेस प्रत्याशी अनु टण्डन ने भी कल अपना पर्चा दाखिल किया चौथे चरण के लिये नामांकन के पांचवें दिन कल कानपुर संसदीय सीट से दो प्रत्याशियों ने वहीं अकबरपुर सीट से सात प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया चौथे चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और बारह अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में उन्नीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे लोकसभा चुनाव के लिये प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिये धुंआघार चुनाव प्रचार में जुटे हैं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में जनसम्पर्क करने के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि इस बार अमेठी में विकास की जीत होगी उधर गाजीपुर में केन्द्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने विजय संकल्प महिला सम्मेलन को संबोधित किया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फतेहप्र में कई स्थानों पर नुक्कड़ संभाएं और रोड शो किया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक जनसभा में कहा कि सपा बसपा का गठबंधन दो दलों का गठबंधन नहीं है बल्कि विचारों का गठबंधन है यह गठबंधन देश को नई दिशा की ओर ले जाने का काम करेगा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये अपने सात और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है

इसके अलावा धौरहरा संसदीय सीट से मलखान सिंह बांदा से सुनीता देवी कौशाम्वी से राजदेव गोण्डा से कुतुबद्दीन खान बांसगांव से सुरेन्द्र प्रसाद भारती तथा जौनपुर से संगीता यादव पार्टी की प्रत्याशी होंगी इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने परसों लखनऊ में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा परिवार को अपनी श्भकामनाए दी हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्नीस सौ अस्सी में आज ही के दिन बिना किसी धन बल के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी विचारधारा और सिद्वांतो से भाजपा का गठन हुआ पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल पार्टी मुख्यालय में भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के विचारकों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर श्री जेटली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व में सदसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उन्होंने कहा कि पार्टी देश की समृद्धि सुनिश्चित करने और गरीबों के कल्याण के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रही है तो देराभर में कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के ये संकल्प लेते हैं कि इस देरा की समृद्दी और अपने राष्ट्रवाद की विचारधारा और समाज में हर गरीब का कल्याण अपने इस उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर हम अपनी पार्टी को मजबूती के एक नये स्तभ के ऊपर ले जायेंगे हिन्दु नववर्ष के साथ ही कल से चैत्र नवरात्र का पर्व शुरू हो गया यह चौदह अप्रैल तक चलेगा नवरात्र के दूसरे दिन आज मॉ ब्रम्हचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है प्रदेश के सभी देवीमंदिरों में भक्तजन ब्रम्हमुहूर्त से ही माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं कल शाम गोरखपुर और बस्ती मण्डल में मौसम का मिजाज बदल गया दिन भर की धूप के बाद रात को तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश खेतो में खड़ी गेहूँ की फसल के लिए नुकसानदायक साबित होगी